रोडवेज़ कर्मचारी नेता बीरेन्द्र सिह धनखड़ ने रोहतक में कहा कि सरकार के साथ होने वाली वार्ता में निजीकरण के मुद्दे को जोर शोर से रखा जायेगा रोडवेज़ वर्कर्स युनियन के अध्यक्ष हरि नारायण शर्मा महासचिव बलवान सिंद दोदवा ने न्यायालय को विश्वास दिलायाकि हड़ताल स्थगित होने के बाद सभी पक्ष बैठकर समस्या का समाधान निकालने का प्रयास करेंगे उच्च न्यायालय के आंतरिम आदेश में कहा गया है कि इस मामले के अंतिम निर्णय तक यूनियन के कर्मचारियों के खिलाफ गिरफ्तारी सहित कोई बलप्र्वक कार्यवाही नहीं की जायेगी भिवानी के आज रोडवेज़ की हड़ताल खुल गई है और इसके कर्मचारियों ने बस चलानी श्रू कर दी है लेकिन यह भी कहा है कि वे निजी बसों को शामिल नहीं होने देंगे यूनियन नेताओं का कहा है अगर सरकार फिर भी प्राईवेट बसें लाई जो वे इससे बड़ा आंदोलन करेंगे

कर्मचारियों के काम पर लौटने से परिवहन विभाग के अधिकारियों ने भी राहत सांस ली कर्मचारियों का कहना है कि वे हाईकोट के फैसले का स्वागत करते है पर वे किसी भी कीमत पर रोडवेज़ का निजीकरण नहीं होने देंगे

स्बह सभी कर्मचारी निर्धारित समय पर अपने कार्यालय पहंचे और अपने रूट्स के लिए निकल पड़े

तालाब एवं व्यर्थ जल प्रबंधन प्राधिकरण की पहली बैठक में मुख्मयंत्री ने निर्देश दिये कि बारिश का समस्त पानी होने से पहले तालाबों का समस्त पानी निकाल कर साल में एक बार कम से कम एक बार पूरी तरह से खाली किया जाना चाहिए

म्ख्यमंत्र ने धार्मिक महत्व के तालाबों की पहचान करने के भी आदेश दिये और कहा कि उन्हें धार्मिक दृष्टिकोण से विकसित किया जाये

म्ख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि हरियाणा में प्रति प्रवाह वाले तालाबों की समस्या आठ महीनों में हल हो जायेगी

उत्तरप्रदेश बिहार आंधप्रदेश महाराष्ट्र व कर्नाटक से अटल पेंशन योजना में शामिल होने वाले लोगों की संख्या सर्वाधिक है

केन्द्रीय इलेक्ट्रोनिक्स व आई टी मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने कहा है कि डिजीटल इंडिया प्रोग्राम के तहत सरकार की मंशा आम नागरिकों को तकनीक की क्षमता के जरिये और समर्थवान बनाना है आज दिल्ली में आयोजित फाइनेशियल समिट के दौरान श्री प्रसादने कहा कि सरकार भारतीय डिजीटल अर्थव्यवसथा को दस अरब डालर तक ले जाना चाहती है उन्होंने कहा कि आठ ऐसे अग्रणी भारतीय स्टार्टअपस है जिनका राजस्व एक अरब डालर से ऊपर हो च्का है आधार के बारे में सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने कहा क इसमे रखी गयी बायोमीट्रिक जानकारियां व डाटा स्रक्षित है और इसे च्राया नहीं जा सकता नीति आयोग के अध्यक्ष अमिताभ कांत ने कहा कि भारत मे निजता और गोपनीयता से जूड़े एक दृढ़ कानून की जरूरत है निजी क्षेत्रों को नव प्रवर्तन के लिए मंजूरी देनी चाहिए इंडियन नैशनल लोकदल ने हिसार से सांसद दृष्यंत चौटाला और उनके छोटे भाई दिग्विजय चौटाला को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निकाल दिया है दोनों पर्व उप प्रधानमंत्री देवी लाल के पौते और अजय चौटाला के बेटे है हरियाणा के पूर्व म्ख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला जो इनैलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष है उन्होंने दोनों भाईयों को पार्टी से निकालने की घोषणा की थी

दिग्विजय इनेलो की युवा इकाई इनसो का नेतृत्व कर रहे थे दोनों को अन्शासन में न रहने और पार्टी विरूद्व गतिविधियों के आरोप में निकाला गया है इंडियन नैशनल लोकदल पार्टी से दृष्यंत और दिग्विजय के निष्कासन से पार्टी में विद्रोह देखने को मिल रहा है अम्बाला में देवी लाल चौक पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने काली पट्टियां बांध कर धरना दिया

सांसद दृष्यंत चौटाला व इनसों अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला के निष्कासन के बाद पलवल के जिला प्रवक्ता वीरेन्द्र शर्मा व हथीन लीगल सेल हलका अध्यक्ष म्केश डागर ने भी पार्टी छोड़ने की घोषणा की है दोनों नेताओं ने कहा है कि वे दोनों भाईयों के पाटी से निष्कासित किए जाने से आहत है पलवल जिले के गांव नंगला भीखू सिथत प्राईमरी स्कूल के दस विद्यार्थी आज जट्रोफा का बीज खाने से बीमार हो गये पेट दर्द उल्टी और दस्त की शिकायत होने पर उन्हें सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया

विभिन्न सामाजिक संगठनों ग्रामीणों ने सेवानिवृत रमेश् का रेलवे स्टेशन पर भव्य स्वागत किया